लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए आज से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और प्रातिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे हालांकि दूध पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सर्विस से जूड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी

अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए वहीं राजधानी भोपाल के में आज रात दस बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित रहेंगी रायसेन जिले में कोरोना संकमण को नियंत्रित करने के उददेश्य से कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आज से प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखे जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है वहीं आगरमालवा छिंदवाड़ा जिले में भी आज टोटल लॉकडाउन रहेगा

हालांकि इनमें से तेरह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

डीसीएचसी रायसेन में तीन मरीज तथा एम्स भोपाल में एक मरीज भर्ती है इनके अतिरिक्त पांच कोरोना पॉजीटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मृत्यु हुई है कोरोना अमिताभ महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं उन्हें मुम्बई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है श्री बच्चन ने टवीट कर जानकारी दी है कि उनका कोरोना टेस्ट पाजिटिव आया है वहीं उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी संक्रमित पाये गये हैं उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है जैसे ही अमिताभ के संक्रमित होने की खबर आई उसके बाद उनके फैन्स और बालीबुड इण्डस्ट्री के लोग उनकी सलामती की दुआ करने लगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्द्वन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की कामना की है मंत्री विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं इसके संकेत उन्होंने कल ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी

संचालक महिला बाल विकास स्वाति मीणा नायक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिलों में संचालित सेण्टर के प्रशासकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं सीएम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सकों से कहा है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या से वे घबरायें नहीं बल्कि उनका समुचित उपचार करें कल मुरैना में जिलास्तरीय संकट प्रबंधक समृह की बैठक में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की गई इस दौरान केन्द्रीय पंचायतराज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना कोई समाधान नहीं है लॉकडाउन की एक सीमा होती है इसके बाद निराकरण ही करना पड़ता है सभी सामाजिक संस्थाओं जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सब मिलकर लोगों को पूरी तरह से जागरुक करें तभी हम कोरोना के चैन को तोड़ पायेंगे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

अन्य दिवसों में शुक्रवार को छोड़कर सुबह साढ़े छह से दोपहर बारह बजे तक और अपरान्ह में तीन बजे से साढ़े छह बजे तक खुला रहेगा